उन्होंने राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार करें कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढी है और केंद्र और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र को साथ भिलकर सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें प्रयास अभी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रमावित हो प्रयास का तरीका ये ही रखा जाय

राज्यों और केन्द्र सरकारों के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्भियों स्वच्छता कर्मचारियों और पुलिस की प्रतिबद्धताओं की सराहना की कोविड टीकाकरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना वैंक्सीन लगाई जाएगी इस वैक्सीन का खर्च राज्य सरकार उठाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए साथ ही मुख्यमंत्री ने पात्र हितग्राहियों से अपील कि है कि उन्होंने अगर अब तक टीकाकरण नहीं कराया है तो जरूर करवा लें जिससे वे संक्रमण से होने वाली गंभीर बीमारी से बच सकें वहीं राज्य में अब तक इंक्यावन लाख पच्चीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है इस बीच पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खूराक देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है जबकि साठ वर्ष या उससे अधिक आयू के लोगों के टीकाकरण में छत्तीसगढ ने देश में पांचवां स्थान हासिल किया है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में पिछले चौबीस घंटों में पन्दह हजार छह सौ पच्चीस कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं इन्हें मिलाकर राज्य में कल संक्रमित हए लोगों की संख्या पांच लाख चौहत्तर हजार दो सौ निन्यानवे हो गई है कल इस संक्रमण से एक सौ इक्यासी लोगों की मृत्यु भी हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान में एक लाख पच्चीस हजार छह सौ अट्ठयासी मरीजों का घर पर या विभिन्न अस्पतालों भें इलाज चल रहा है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लॉक डाउन की अवधि तक सामान्य कामकाज को स्थगित रखने का निर्णय लिया है मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की ही सनवाई की जाएगी इस बीच राज्य शासन ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं की लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किराना दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए किराना दकानदार फोन पर आर्डर प्राप्त कर लोगों को सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे यदि कोई द्रकानदार अपनी द्रकान खोल कर सीधे ग्राहक को सामान बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर इधर बिलासपुर के संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग और सुरजपुर के जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं डॉक्टर अलंग को इलाज के लिए बिलासपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस बीच चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर फिरोज मेमन ने लोगों से कहा है कि कोरोना जांच के लिए एंटीजन आरटी पीसीआर और द्र् नॉट द्रू टेस्ट के अलावा और किसी जांच की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए अभी तक कोई निश्चित दवा तय नहीं हई है ऐसे में चिकित्सकों की सलाह पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करें डॉक्टर मेमन ने यह भी कहा कि अगर कोरोना के लक्षण है तो जांच रिपोर्ट आने तक खूद को आइसोलेट रखें और अपने परिजनों को संक्रमित होने से बचाएं उन्होंने कहा कि नब्बे प्रतिशत लोग होम ऑइसोलेशन में इलाज कराकर स्वस्थ हो रहे हैं

प्रशिक्षण के बाद ये समी डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टॉफ अपने जिलों के कोविड अस्पतालों में सेवाएं दे सकेंगे एम्स रायपूर ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुई वर्चुअल बैठक में इस आशय का प्रस्ताव दिया था जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपूर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक करोड़ रूपए की मंजूरी दी है इस राशि से नये ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जाएंगे वहीं रायपुर के पंडरी बस स्टैंड में आज से यात्रियों की जांच के लिए कोरोना जांच शिविर शुरू हो गया है यह शिविर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक दो पालियों में संचालित होगा उघर वन और कबीरघाम जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और पीडि़तों की सहायता के लिए पचास लाख रूपए की राशि मंजूर की गई है यह राशि कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था पर खर्च की जाएगी इधर महासमुंद जिले के जनपद पंचायत बागबाहरा में सामाजिक सहयोग से कोविड सेंटर शुरू किया गया है जहां गंभीर रूप से संक्रभित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है इस सेंटर में ऑक्सीन सिलेंडर और कन्सनट्रेटर मशीन भी उपलब्ध है इलाज में लगने वाला खर्च विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यवसायियों द्वारा वहन किया जा रहा है इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में भी जल्द ही जन सहयोग से पचास बिस्तरों वाला कोविड केयर अस्पताल बनाया जाएगा इसके लिए राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी ने अपने एक माह का वेतन दान में दिया है उन्होंने अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की है उधर कोंडागांव जिले में वन विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों की मदद की जा रही है वनकर्भियों ने आदनार गांव में लोगों को टीकाकरण केन्द्र तक पहंचाया वहीं जिले के सुद्र अंचलों में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों तक ऑक्सीमीटर भी पहुंचाया जा रहा है वहीं प्रदेश के कोरोना संक्रमित मरीजों को मानसिक तनाव और अवसाद से उबारने के लिए स्वास्थ्य विमाग द्वारा उनकी निःशुल्क काउंसलिंग की जा रही है इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों और काउंसलर्स को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है अब तक करीब चवालीस हजार मरीजों की काउंसलिंग की जा चुकी है होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को भी यह सुविधा दी जा रही है इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की आरटी पीसीआर जांच के बाद समय सीमा में आईसीएमआर पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं करने के मामले में सात लैबों को नोटिस जारी किया है इनमें राजधानी रायपुर के छह और भिलाई का एक लैब शामिल है स्वास्थ्य विमाग के अनुसार जांच के अड़तालीस घंटों के भीतर पोर्टल में डाटा एंट्री नहीं होने से कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है जिससे समुदाय में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्वाओं के आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है वहीं केंद्र सरकार में कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसेविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश इस वर्ष इकतीस अक्टूबर तक जारी रहेगा कोरबा हत्या मामला अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है भिली जानकारी के अनुसार कोरबा के उरगा क्षेत्र में भैसमागांव में रहने वाले स्वर्गीय कंवर के पुत्र पुत्रवध् और उनकी नातिन की आज तड़के धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है प्रलिस ने इस हत्याकांड की सांजिश रचने के आरोप में मृतक की भाभी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार घटना का मुख्य आरोपी मृतक हरीश कवर के बडे भाई का साला परमेश्वर है परमेश्वर ने कथित रूप से अपने एक सार्थी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया घटना के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस को तत्काल इस मामले की जांच के आदेश दिए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में हत्याकांड के तत्काल बाद सारे पहलुओं की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है माओवादी समाचार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने माओवादियों के उस आरोप का खंडन किया है कि बोट्टेलंका और पल्लागुंडम स्थित माओवादी कैम्पों में उन्नीस अप्रैल को ड्रोन के जरिए हवाई हमला किया गया सीआरपीएफ ने कहा है कि माओवादी स्थानीय जनता का समर्थन हासिल करने की नीयत से ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं इस बीच नारायणपुर जिले के सोनपुर मार्ग पर माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया है घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रिफर किया गया है वहीं बीजापुर जिले के भिरतुर और भैरमगढ़ क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इस महिला माओवादी पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था इन माओवादियों पर पुलिसकर्मी को अगवा करने और हत्या के मामले में शामिल रहने का आरोप है उधर बस्तर जिले में बीस लाख रूपए के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है जलांधर रेड्डी उर्फ कृष्णा नाम का यह माओवादी ओड़िशा और आंधप्रदेश में सक्रिय था इस माओवादी पर कई गंमीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं बीजापुर जिले में एक जनमिलिशिया सदस्य ने आत्मसमर्पण किया है यह माओवादी वर्ष उन्नीस सौ अंठानवे से सक्रिय था इस पर पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित कई अन्य घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है रामनवमीं रामनवमी आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है यह पर्व भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बघाई दी है इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विविध अनुष्ठान हुए इसी कड़ी में कवर्धा जिले में वर्षों प्ररानी परंरपरा को कायम रखते हुए अष्टमी की रात को खप्पर निकाला गया हालांकि लॉकडाउन के चलते इस वर्ष इस अनुष्ठान में आम लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई राज्यपाल महिला सशक्तिकरण राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि एक महिला अगर दूसरी महिला को सशक्त करें और यह कड़ी आगे बढती जाए तो एक दिन पुरा महिला समाज सशक्त हो जाएगा यह बात राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक कार्यशाला को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर समाज को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में जूटी हुई है उन्होंने महिलाओं का आहवान किया कि वे संकट के समय हिम्मत बनाए रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी मौसम मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विशेषज्ञ के अनुसार राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने या बूंदाबांदी होने की संभावना है इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कारों में दूसरा स्थान भिला है त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्व शासन आईसीटी के बेहतर उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन इन पुरस्कार के लिए हुआ है बस्तर जिले में लॉकडाउन को छब्बीस अप्रैल सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है आज सिविल सेवा दिवस है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश सेवा में समर्पित सिविल सेवकों और उनके परिजनों को श्मकामनाए दी हैं उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट की इस मुश्किल घड़ी में सिविल सेवा को अधिकारी जिस ॅसमर्पण और सेवा भाव से काम कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है महासमुंद में जिला प्रशासन ने करीब चार हजार विवाह समारोह के आवेदनों को सशर्त मंजूरी दी है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नव निर्मित सौ बिस्तर वाले मेडिसीन वार्ड का कल वर्चुअल शुभारंभ किया कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीस पर जोबा घोड़ा गांव के पास बीती रात एक वाहन के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक युवती सहित तीन लोगों की मौत हो गई

महामसुद जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले में एक दंपत्ति की मौत हो गई